अब समाचार विस्तार से मोदी समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल कोरोना वायरस के टीके के अनुसंधान और नमूनों की जांच प्रौद्योगिकी संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वालों का पता लगाने औषधियों और चिकित्सा सहित समूची व्यवस्था के बारे में समीक्षा बैठक की उन्होंने टीके का विकास करने वालों और निर्माताओं के प्रयास की सराहना की और इनके लिए सहायता तथा सुविधाएं जारी रखने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि सीरो सर्वेक्षण और नमूनों की जांच को बढाया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि नमूनों की जांच नियमित रूप से तेजी से की जानी चाहिए और यह सुविधा सभी के लिए कम खर्च पर जल्द उपलब्ध कराई जानी चाहिए प्रधानमंत्री ने टीके के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के व्यापक वितरण और डिलिवरी तंत्र का जायजा लिया

मतदाता जागरूकता विधानसभा उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं इंदौर जिले के सांवेर में रंगोली के माध्यम से मतदाताओं को मतदान की महत्ता समझायी जा रही है इसके अलावा हॉट बाजार सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर ईवीएम से मत डालने की प्रक्रिया समझाई जा रही है उधर गुना और शिवपुरी में स्वयं सहायता समूह द्वारा रैली निकालकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया

इस मामले में गठित एसआईटी आज से जांच करेगी इस बीच जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया है कि इस मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है जिन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी जांच में कुछ दवा स्टोर्स के नाम भी सामने आये हैं जिनके दवाइयों के स्टॉक की पड़ताल की जा रही है श्री सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन और नगरनिगम के दल ने कल रैन बसेरों का निरीक्षण किया वहीं फुटपाथ पर सो रहे लोगों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली वहीं पुलिस अधीक्षक ने खाराकुआ थाना प्रभारी सहित तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है

इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि मंत्री वित्त मंत्री और महिला तथा बाल विकास मंत्री भी उपस्थित रहेंगे यह कार्यक्रम कृषि और पोषण के प्रति सरकार की प्राथमिकता का प्रतीक है और भूख और कुपोषण को पूरी तरह समाप्त करने के सरकार के संकल्प को दर्शाता है खाद्य दिवस आज विश्व खाद्य दिवस है

वे पिता के साथ नामांकन दाखिल करने गये थे

इसके लिए पांच कार्यपालक मजिस्ट्रेट तैनात किये गये हैं